नेपाली सेना के वरीय अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की प्रष्टि करते हुये बताया कि विमान में सड़सठ यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे हवाई अड्डे के प्रवक्ता प्रेम नाथ ठाक्र ने बताया कि हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान हवाई पट्टी पर फिसल गया और उसमें आग लग गई श्री ठाक्र ने बताया कि घायलों का काठमांड् मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर धुएं के काले बादल छा गये अधिकारियों के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण यह दूर्घटना होने का संदेह जताया जा रहा है विमान ने ढाका से उड़ान भरी और स्थानीय समय के अनुसार काठमांडू हवाई अडडे पर दोपहर बाद दो बजकर बीस मिनट पर उतरा दुर्घटना के बाद से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी विमानों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा श्री मोदी ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि इस योजना के लागू होने से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे इलाज का हक मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को भारत सरकार की ओर से पांच लाख रूपये तक का अस्पताल का खर्च उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव आयेंगे

आरोग्य की दृष्टि से सेवा उपलब्य कराने वाले लोग तैयार होंगे आरोग्य के क्षेत्र में नये रोजगार पैदा होंगे और देश को स्वस्थ बनाने के दिशा में हम एक बहुत बड़ा अहम काम कर पायेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से पटना के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई ट्रेन मंडुआडीह पटना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कल से इस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जायेगा यह ट्रेन बनारस के मंड्वाडीह स्टेशन से सुबह सवा छह बजे खुलेगी और सुबह दस बजकर पैंतीस मिनट पर पटना पहुँचेगी वापसी में यह ट्रेन पटना जंक्शन से शाम पौने छह बजे रवाना होगी इस ट्रेन का ठहराव वाराणसी मुगलसराय बक्सर और आरा स्टेशनों पर होगा ट्रेन में एक वातानुकूलित कुर्सीयान ग्यारह कुर्सीयान और दो सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे भभूआ विधानसभा क्षेत्र के सत्ताईस मतदान केंद्रों पर कल पूर्नमतदान कराया जाएगा जिलाधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि भभुआ में विधानसभा की एक सीट के लिए कल हये उप चूनाव में ईवीएम के वीवीपैट में खराबी के कारण सत्ताईस मतदान केंद्रों पर लोगों अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके थे श्री सिंह ने बताया कि सत्ताईस मतदान केंद्रों में पांच भभुआ नगर क्षेत्र के हैं जबकि अन्य ब्रथ खनाव हरिहरपुर शिवपुर इटाढ़ी किशुनदेवपट्टी नाटीपट्टी सोनहन टिकठीकुंज दामोदरपुर कोहारी नौंवाझोटी कूड़ासन सारनपुर सेमरा सिझुआ नूह बेटरी मोकरी गांव के हैं बिहार से राज्यसभा की छह सीटों के लिए जदयू और राजद के दो दो तथा भाजपा और कांग्रेस के एक एक प्रत्याशी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधानसभा के सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष चौथी बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और निवर्तमान सांसद महेन्द्र प्रसाद उर्फ किंग महेन्द्र ने भी पर्चे दाखिल किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य के कई मंत्री और सत्तापक्ष के विधायक उपस्थित थे इधर राजद के दो प्रत्याशियों मनोज कुमार झा और अशफाक करीम ने भी नामांकन दाखिल किया कांग्रेस की ओर से पूर्व केन्द्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने नामांकन भरा इस मौके पर राजद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राबड़ी देवी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी पूर्व मंत्री विजय शंकर दूबे और वरिष्ठ नेता प्रेमचन्द्र मिश्रा उपस्थित थे नामांकन पत्रों की जांच कल की जायेगी जबकि पंद्रह मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे छह सीटों के लिए केवल छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है जिसके चलते सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है राज्य सरकार ने आज कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता भुगतान तीन माह में करा दिया जायेगा विधान परिषद् में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के राजेश राम के एक तारांकित सवाल के जवाब में कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के भत्ते की नियमित व्यवस्था कर दी जायेगी और इसकी समीक्षा भी की जायेगी राज्य सरकार ने कहा है कि बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर यदि कोई व्यक्ति अन्य उद्योग लगाने को इच्छुक हो तो सरकार उसे बियाडा के माध्यम से उस भूमि के इस्तेमाल की अनुमति देगी आज विधानसभा में एक प्रश्न के जबाव में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य की सरकार अब खुद उद्योग शुरू नहीं करती बल्कि उसे चलाने में सहयोग करती है श्री मोदी विपक्षी सदस्यों के गन्ना मिल से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे

अब इस योजना की जिम्मेवारी जीविका को सौंपी जायेगी पायलट योजना के तहत दो जिलों में जीविका के स्वयं सहायता समूह को यह कार्य सौंपा जायेगा यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी होगी मार्च महीने में ही अधिकांश हिस्सों का अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है भागलपुर का सबौर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना में आज का अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान के तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के कारण रबी फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता सीवान जिले के बड़हरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार के साथ आज प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि अमिरूल्लाह सैफी ने अपने समर्थकों के साथ मारपीट की

जिलाधिकारी महेन्द्र कुमार के निर्देश पर बड़हरिया थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है वहीं प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि की ओर से भी मामला दर्ज कराया गया है

कटिहार जिले के दर्शन साह कॉलेज में छात्र संघ चूनाव के लिए आज कराये जा रहे मतदान के दौरान दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में छह छात्र गम्भीर रूप से घायल हो गये भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शहर में तीन कॉलेजों में मतदान कराया जा रहा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद कॉलेज के प्राचार्य और निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान को रद्द कर दिया है घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच कल से शुरू होगी इसके लिए राज्यभर में एक सौ एक मूल्यांकन केन्द्र बनाये गये हैं मूल्यांकन केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी

वहीं समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गाँव में पुलिस ने छापा मारकर लगभग तेरह सौ बोतल विदेशी शराब के साथ चार तस्करो को गिरफ्तार किया है खगड़िया की पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने गोगरी थाना के अवर निरीक्षक फैयाज साकिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबित अवर निरीक्षक पर छेड़खानी एक मामले को दबाने का आरोप है